छापेमारी अभियान के दौरान जमुई में सात नक्सली गिरफ्तार

जमुई जिले के झाझा थाने के अस्ता जंगल में अपराध की योजना बना रहे सात नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है झाझा के एसडीपीओ भास्कर रंजन ने बताया कि नक्सली गेनसाडीह में केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत बनाये जा रहे एकलव्य हरिजन आदिवासी विद्यालय छात्रावास के निर्माण में लगे मुंशी और मजदूरों का अपहरण की योजना बना रहे थे जिसकी जानकारी के बाद यह कार्रवाई की गयी गिरफ्तार नक्सलियों के पास से दो मास्केट दो देशी पिस्तौल छह जिंदा कारतूस जिलेटिन और डेटोनेटर दो केन के साथ अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किये गये हैं रिजर्व बैंक ने कहा है कि डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर नेफ्ट प्रणाली के अंतर्गत सोलह दिसम्बर से चौबीसों घंटे लेन देन की अनुमति दी जाएगी रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि यह सुविधा अवकाश सहित वर्ष के सभी दिनों में उपलब्ध रहेगी अभी नेफ्ट लेन देन सप्ताह में सुबह आठ बजे से शाम सात बजे तक होते हैं जबकि पहले और तीसरे शनिवार को लेन देन सुबह आठ बजे से दोपहर एक बजे तक होता है राज्य सरकार ने कहा है कि नियोजित शिक्षकों को सेवाकाल के दौरान तीन प्रोन्नति का लाभ दिया जायेगा शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा ने बताया कि शिक्षकों के हित में जल्द ही सेवा शर्त नियमावली लागू कर दी जायेगी श्री वर्मा ने कहा कि नियमावली का प्रारूप तैयार करने के लिये तीन सदस्यीय कमिटी काम कर रही है नियमावली का प्रारूप मिलते ही उसपर विधि विभाग से परामर्श करने के बाद उसे लागू कर दिया जायेगा शिक्षा मंत्री ने कहा कि मातृत्व अवकाश को भी एक सौ पैंतीस दिन से बढ़ाकर एक सौ अस्सी दिन किया जा रह है उन्होंने कहा कि नियोजित शिक्षकों की योग्यता और उनकी वरीयता के आधार पर विभिन्न स्कूलों में प्राचार्य का पद भरा जायेगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यूजीसी नेट की जून महीने में ली गयी परीक्षा का प्रमाण पत्र डाक से नहीं भेजेगा एजेंसी ने कहा है कि छात्रों को प्रमाण पत्र ऑनलाइन मिलेगा जिसे उसकी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है नगर विकास विभाग ने योजनाओं की राशि निजी बैंकों में रखने पर रोक लगा दी है विभाग ने नगर निगम के आयुक्त नगर पंचायत और नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारियों को पत्र भेज कर कहा है कि सरकारी बैंकों में ही योजनाओं की राशि रखी जाये राज्य के बिहटा और दरभंगा एयरफोर्स स्टेशन पर आतंकी हमले की साजिश की खुफिया जानकारी मिलने के बाद अलर्ट जारी किया गया है विशेष शाखा के एसपी ने बताया कि आतंकियों के भारत नेपाल और भारत बांग्लादेश सीमा के पास से देश में प्रवेश करने की खुफिया जानकारी मिली है जिसके बाद राज्य के सभी डीएम और पुलिस प्रशासन को सचेत किया गया है उन्होंने कहा कि दोनों एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा बढ़ा दी गयी है नये जीएसटी रिटर्न पर राष्ट्रव्यापी प्रतिक्रिया जानने के लिये आज जीएसटी फीडबैक दिवस मनाया जा रहा है इसका उद्देश्य अगले वर्ष पहली अप्रैल से लागू की जाने वाली नयी रिटर्न व्यवस्था के बारे में लोगों के विचार जानना है केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष प्रणब कुमार दास ने आकाशवाणी को बताया कि नये रिटर्न अपलोड करने और अनुपालन में आसानी के आकलन पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाएगा उन्होंने कहा कि यह ध्यान रखा जा रहा है कि नये रिटर्न कानूनी रूप से अनिवार्य होने के बाद व्यापारियों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के विभिन्न पदों के लिये आज मतदान कराया जा रहा है चुनाव को देखते हुये सुरक्षा के कड़े प्रबंध किये गये हैं विश्वविद्यालय के दस कॉलेजों और तीन विभागों में पचास मतदान केंद्र बनाये गये हैं सिटी एसपी मध्य विनय कुमार तिवारी ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गयी है इसके लिये चार डीएसपी दस इंस्पेक्टर बारह थानाध्यक्ष और तीन सौ पुलिसकर्मी लगाये गये हैं देश के मान सम्मान की रक्षा करने वाले शहीदों और सैनिकों के सम्मान में आज सशस्त्र बल झंडा दिवस मनाया जा रहा है प्रतिवर्ष सात दिसम्बर को यह दिवस मनाया जाता है इस दिन सशस्त्र बल कर्मियों के कल्याण के लिए लोगों से धन जुटाया जाता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सेना के जवानों को हार्दिक बधाई और अपनी शुभकामनाएं दी है पूर्व मध्य रेलवे ने कोहरे को देखते हुये अठारह दिसंबर से दो फरवरी तक सात जोड़ी ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया है इनमें बनमनखी अमृतसर हावड़ा हरिद्वार पटना वाराणसी एक्सप्रेस समेत अन्य ट्रेनें शामिल हैं इसके साथ ही कई ट्रेनों के फरे में भी कमी की गयी है मलेशिया में चल रही इक्कीसवीं एशियन मास्टरर्स एथेलेटिक्स प्रतियोगिता में पटना की अंजु कुमारी ने तीन स्वर्ण पदक जीता है अंजु ने ट्रीपल जंप चार गुना सौ मीटर रिले दौड़ और चार सौ मीटर दौड़ की प्रतियोगिता में स्पर्ण पदक पर कब्जा जमाया सारण जिले में आयोजित छियालीसवीं बिहार राज्य बालक कबड्डी प्रतियोगिता के फाइनल में पटना की टीम ने छपरा को तेईस अंकों से पराजित कर खिताब जीत लिया इधर जम्मू में चल रहे जूनियर यूथ नेशनल टेबल टेनिस प्रतियोगिता में राज्य के सागर दास ने मुख्य मुकाबले के लिये क्वालीफाइ कर लिया है रेलवे महिला कर्मचारियों से रात में ड्यूटी नहीं लेगा हैदराबाद में सामूहिक दुष्कर्म मामले को देखते हुये रेलवे बोर्ड ने सभी मंडल रेल प्रबंधक को इसे तुरंत लागू करने का निर्देश दिया है पटना के दानापुर स्थित एक न्यायालय ने पंजाब नेशनल बैंक के विक्रम प्रखंड स्थित शाखा के प्रबंधक की हत्या के मामले में छह आरोपियों को आजीवन कारावास और बीस बीस हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनायी है नालंदा जिले के एकंगरसराय थाना पुलिस ने तीन वाहनों पर रखे छब्बीस लाख रूपये की शराब जब्त की है मामले की जांच जारी है वहीं बेगूसराय में उत्पाद पुलिस ने वीरपुर से तीन कार्टून विदेशी शराब के साथ दो महिला सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया है पटना एसटीएफ की टीम ने शाहाबाद प्रक्षेत्र के पचास हजार के इनामी कुख्यात चंदन गुप्ता को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है दरभंगा जिले के भालपट्टी ओपी क्षेत्र के फतुलहा गांव में पानी से भरे एक गड्ढे में डूब जाने से एक ही परिवार के तीन बच्चों की मौत हो गयी बिहार राज्य बीज निगम राज्य के किसानों को ऑनलाइन बीज की बुकिंग पर होम डिलिवरी की सुविधा दे रहा है इस योजना के अंतर्गत बांका जिले में सत्रह सौ किसानों को बीज उपलब्ध कराया गया है कैमूर जिले के पछाहगंज के पास एक वाहन से अपराधियों ने लगभग दो लाख रूपये के लहसून लूट लिया

अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने हैदराबाद में दुष्कर्म के चारों आरोपियों के मारे जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान की सुर्खी है हैदराबाद रेपकांड के चारों हैवान हलाक दैनिक जागरण लिखता है जहां हुयी थी दरिदंगी वहीं आरोपित ढेर दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है पीयू छात्र संघ का चुनाव आज अध्यक्ष पद पर बारह उम्मीदवार प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है केंद्र सरकार पोर्न साइटों पर लगाये रोक आज अखबार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर लिखा है भारत के बेहतर भविष्य के लिये सरकार ले रही साहसिक फैसले और अब अंत में मुख्य समाचार छापेमारी अभियान के दौरान जमुई में सात नक्सली गिरफ्तार